इस दौरान प्रधानमंत्री का जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज लाहौल घाटी में प्रधानमंत्री के ठहरने व जनसभा स्थल का जायजा लिया प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए उन्होंने कहा कि इस टनल से लाहौल घाटी में बहत बड़ा बदलाव आएगा और अब यहां वर्षभर लोगों को आवाजाही की सुविधा मिलेगी उन्होंने कहा कि इस सुरंग के निर्माण से कृषि पर्यटन और बागवानी के क्षेत्र में व्यापक विकास योजनाएं आरम्भ की जाएंगी जिससे लोगों की आर्थिकी सुदृढ होगी जयराम ठाकुर ने कहा कि इस ऐतिहासिक मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर सहित मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्य भी मौजूद रहेंगे जयराम ठाकर ने प्रधानमंत्री के लिए परम्परागत लाहौली व्यंजन की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए विघेयक संसद ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी तीन विधेयक पारित कर दिए हैं राज्यसभा ने इन विधेयकों को आज स्वीकृति दी जबकि लोकसभा ने इन्हें कल पारित किया था

उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों को लो वोल्टेज की समस्या ँसे निजात मिलेगी सुखराम चौधरी ने कहा कि प्रदेश में विद्युत विभाग में खाली पदों को जल्द भरा जाएगा ताकि लोगों की विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सर्क इस दौरान उन्होंने जन समस्याएं भी सुनीं और अधिकारियों को इनके जल्द निपटारे के निर्देश दिए हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चम्बा जिले में चुराह विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान आज चीह पंचायत में बनने वाले प्रधानमंत्री आदर्श गांव गुवाड़ी की आधोरशिला रखी

हंसराज ने कहा कि इस गांव को एक मॉडल गांव बनाया जाएगा और इसके लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी प्रदर्शनी भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो शिमला द्वारा प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो चंडीगढ़ के सहयोग से महात्मा गांधी के जीवन व उनके संघर्ष पर आधारित एक लघु चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया शिमला के लौंगवूड स्थित केन्द्रीय कार्यालय परिसर में आयोजित इस प्रदर्शनी का उदघाटन निदेशालय जनगणना संचालन हिमाचल प्रदेश के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने किया

रणधीर शर्मा प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के हित में पारित किए गए बिल देश के किसानों की दशा और दिशा बदलने वाले हैं शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि किसान अब अपनी इच्छा के मुताबिक फसलों को बेच सकेंगे और उन्हें एक ही मण्डी में अपनी फसल बेचने की आवश्यकता नहीं है रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही किसान विरोधी रही है और केन्द्र सरकार के सकारात्मक कार्यों से भयभीत है उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने दलालों व बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर दिया है